वित्त मंत्री आधार नंबर केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पिछले अट्ठाईस महीनों के दौरान एक सौ बाईस करोड़ से ज्यादा आ धार नंबर जारी किए गए हैं इसके साथ ही देश की अट्ठारह वर्ष से आय् की निन्यानवे प्रतिशत जनसंख्या इसके दायरे में आ ग ई है एक फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च तक आ धार के इस्तेमाल से नब्बे हजार करोड़ रूपये की बचत हु ई और क ई फर्ज र्थी लाभा रिथायों का नाम हटा दिया गया भू खंड फ्रीहोल्ड राज्य सरकार ने नगरीय निकायों द्वारा लीज पर आवंटित भू खंडों को फ्री होल्ड कर दिया है

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के निर्देश पर नगरीय क्षेत्रों में लीज पर आवासीय भू खण्ड धारकों को फ्री होल्ड करने के संबंध में कहा गया है कि वन टाइम सेटलमेंट के आ धार पर नगरीय निकायों द्वारा लीज पर आवंटित भू खण्डों को फ्र ी होल्ड किया जाएगा इससे अब लोगों को लीज का नवीनीकरण नहीं करना पड़ेगा और प्रतिवर्ष भूभाटक जमा करने की भी आवश्यकता नह ीं होगी नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छह सौ वर्गफुट तक के नि र्मित क्षेत्रों के भू खण्डों भवनों पर संपरिवर्तन प्रभार शुल्क देय नहीं होगा लेकिन आगामी दस वषो र् की अवधि तक प्र चलित दर पर आंकलित भूभाटक का भुगतान करना होगा अन्य आवेदकों को स्वयं के व्यय पर रजिस्ट्र ी करानी होगी शराब अवैध बि क्री रोक आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शासन द्वारा नि धारित दर पर मदिरा बि क्री के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले में तय कीमत से अधिक दर पर शराब की बिक्र ी की जाती है तो संबंधित जिला अधिकारी को जिम्मेदार मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री लखमा ने कहा कि अवैधा शराब के स्रोत का पता लगाएं और उन्हें रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों से शराब के अवैध परिवहन को रोका जाए बैठक में श्री लखमा ने कहा कि सभी शासकीय मदिरा दुकानों में अनिवार्य रूप से मूल्य सूची प्रद र्रिशत की जाए उन्होंने कहा कि दुकानों के बाहर टोल फ्री नंबर एक चार चार शून्य पांच अवश्य अंकित किया जाए और इसका स्थानीय स्तर पर चार प्रसार भी करें उन्होंने शिकायतों के शीघ्र निराकरण के भी निर्देश दिए श्री लखमा ने विभाग में रिक्त पदों पर भत र्ष करने के प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी कहा धान खरीदी प्रदेश के एक हजार नौ सौ पंचानवे धान खरीदी केन्द्रों में अब तक समर्थन मूल्य पर करीब इंक्यावन लाख पंचानवे हजार मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि लगभग पचहत्तर लाख मीटरिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है इस समय सबसे अधिक जांजगीर चाम्पा जिले में चौरासी हजार नौ सौ तैंतीस टन धान की खरीदी हुई है वहीं सबसे कम दंतेवाड़ा जिले में दो हजार छह सौ आठ टन धान खरीदा गया है गौरतलब है कि एक नवंबर दो हजार अट्ठारह से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही हैं जो इकतीस जनवरी तक चलेगी पुलिसकर्मी समिति पुलिस क र् िम यों की मांगों को लेकर राज्य स्तर पर गठित पुलिस कल्याण समिति ने सभी जिलों के पुलिस अ धीक्षकों को पत्र लिखकर साप्ताहिक अवकाश सहित विभिन्न बिन्दुओं पर सुझाव मांगा है समिति की अ ध्यक्ष नेहा चंपावत ने सभी पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिलों में पुलिस क र्रिमयों के साथ बैठक कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है समिति आगामी इकतीस जनवरी तक पुलिस महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी इस बीच पुलिस मुख्यालय ने चौदह पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण किए हैं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के निर्देश पर स्थापना बोर्ड की बैठक में स्थानांतरण संबंधित आवेदनों का निराकरण भी किया गया गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी प्रत्येक शु क्र वार को पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनते हैं इस संबंध में पिछले दिनों इक्कीस पुलिसकर्मियों ने अपने स्थानांतरण से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए थे शिक्षा ग्णवत्ता ग्रेडिंग केन्द्रीय मानव संसा धन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि शिक्षा की गुणव त्ता में सु धार के लिए राज्यों के प्रदर्शन की ग्रे डिंड ग की जाएगी न ई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने बताया कि प्रत्येक राज्य की स्कूली शिक्षा प्रणाली में कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उनके कामकाज की ग्रे िंडग सत्तर मानकों की कसौटी पर एक हजार अंकों के पैमाने से की जाएगी

वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा आगामी नौ दस और ग्यारह जनवरी को की जाएगी इस सत्र का समापन ग्यारह जनवरी को होगा डीएम अवस्थी पुलिस कर्मचारी पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि पुलिस कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिलने से उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में वृद्वि होती है साथ ही उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन का स्तर भी ऊ चा उठता है श्री अवस्थी ने पुलिस मुख्यालय के सभी शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों को पदोन्नति से भरे जाने वाले सभी रिक्त पदों को दो माह के भीतर पदोन्नति योग्य कर्मचारियों से भरे जाने के निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा बैठक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की बैठक में श्री सिंहदेव ने कहा कि हर जरूरतमंद मरीज तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे उन्होंने प्रदेश में संचालित दवा ई दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन द्र ों में सिकलसेल की जांच और इलाज सुनिश्चित करने के लिए भी कहा मौसम और पेश है मौसम का हाल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ठंड के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित होने के समाचार है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में तापमान में सुधार हुआ है ठंड के कारण कहीं कहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी इलाकों खासकर सरगुजा संभाग में बदली छाई हुई है और हल्की बारिश हो सकती है राजस्थान के पास ऊ परी हवा का च क्र वात बनने के कारण तापमान में और कमी आएगी इस समय न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में आठ दशमलव नौ डिग्री सेल्यियस दर्ज किया गया है मौसम विभाग के अनुसार एक दो दिनों में तापमान में और भी कमी आ सकती है मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार कृषि आ धारित उद्योगों को बढ़ावा देगी जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार और बेहतर मुल्य प्राप्त हो सके मुख्यमंत्री श्री बघेल आज बेमेतरा जिले के ग्राम रामपुर में आयोजित छ त्तीसगढ़ मनवा क्रमर्थ क्षात्रिय समाज के तिहत्तरवे वा रिष्टाक अधिावेशन में शामिल हुए इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि बेमेतरा जिले में भी कृषि आ धारित उद्योग लगाए जाएंगे इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आदिवासी शासकीय सेवा संघ द्वारा आयोजित कार्य क्र म में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी समाज के नव निर्वाचित वि धायकों और वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया कार्य क्र म में श्री बघेल ने कहा कि समाज की ओर से जो भी मांगे रखी गई उनका संविधान के दायरे में निराकरण किया जाएगा उन्होंने वन अधिकार अधिनियम का उचित तरीके से पालन करने का भी भरोसा समाज के लोगों को दिलाया इस मौके पर मुख्य सविव सुनील कुजूर भी उपस्थित थे बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्य क्र म बातों बातों में इस बार आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित रहेगा इस समय मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने और सुधारने का काम जारी है पच्चीस जनवरी तक नये मतदाताओं के नाम भी जोड़े जा सकेंगे इस संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

प्र धानमंत्री रोजगार सुजन कार्य क्र म के तहत जिला स्तरीय मेगा ऋण शिविर आयोजन नौ जनवरी को रायपुर स्थित जिला व्यापार और उद्योग कें द्र में किया जाएगा

इसके तहत तीन दिनों तक विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा